प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एलवेंकेटेश्वर लू ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के साथ साथ नैतिक मतदान पर दिया जोर कहा मतदाताओं को जागरूक करने में मीडिया निभा सकती है प्रभावी भूमिका भारतीय जनता पार्टी और अपना दल के बीच प्रदेश में चुनावी गठबंधन तय अपना दल दो सीटों पर लड़ेगा चुनाव

भारत का व्यापार घाटा फरवरी में कम हुआ

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च शहर की दो मस्जिदों में एक बंदूकधारी द्वारा किए गये आतंकवादी हमले में उन्चास निर्दोष लोगों के मारे जाने पर गहरा दुख और शोक व्यक्त किया है न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री सुश्री जैसिंडा आर्डन को भेजे एक पत्र में उन्होंने सभी प्रकार के आतंक और हिंसक कार्यों का समर्थन करने वालों की कड़ी निंदा की है विश्व के विभिन्न देशों के नेताओं ने इस घटना की निंदा करते हए दुख व्यक्त किया है अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ब्रिटिश प्रधानमंत्री टेरिजा मे जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल और फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मेक्रॉ सहित अन्य नेताओं ने जघन्य हमले की निंदा की है और सहयोग देने की पेशकश की है पोप फ्रांसिस ने सभी न्यूजीलैंडवासियों विशेषकर मुस्लिम समुदाय के लोगों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की है न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च शहर में कल दो मस्जिदों में एक बंदूकधारी द्वारा गोलीबारी की घटना में उनचास लोग मारे गए हैं और बीस लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं मस्जिदों में जुम्मे की नमाज के लिए लोग एकत्र हुए थे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात के गांधीनगर के ग्राम भारती में कल राष्ट्रीय मूलाधार नवाचार पुरस्कार प्रदान किये

पुरस्कार पाने वालों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान की सराहना की और कहा कि ग्राम स्तर पर नवाचार में लगे तीन लोग इस साल के पद्म पुरस्कारों के लिए भी चुने गये हैं प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एलवेंकेटेश्वर लू ने कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग मतदान प्रतिशत बढ़ाने के साथ साथ नैतिक मतदान पर विशेष बल दे रहा है श्री लू कल लखनऊ में आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा आयोजित कार्यशाला में मीडियाकर्मियों को संबोधित कर रहे थे लोकतंत्र में वोट के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के संचालन और मजबूती के लिए मतदान के महत्व के प्रति लोगों में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता पैदा की जानी चाहिए श्री लू ने कहा कि मीडिया इस दिशा में प्रभावी भूमिका निभा सकता है उन्होंने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराने के साथ साथ इस बार नैतिक मतदान पर भी विशेष बल दिया जा रहा है ताकि शिक्षित और विवेकशील लोगों को राजनीति में ताकृत मिल सके और वह संवैधानिक व्यवस्था को और अधिक मजबूत कर सकें श्री लू ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने आम नागरिकों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए मतदान साक्षरता क्लब बनाने सहित कई उपाय किये हैं

चुनाव पाठशाला भी बनाये हैं सीएलएसएस और बहुत सारे संस्थाओं को गठित कराया है तो इतना एक्टिविटी आपस में उन लोगों ने चर्चा किया इतना इस वोट का महत्व समझा है

उन्होंने कहा कि आम नागरिकों से संवाद स्थापित कर ऐसा माहौल बनाने की ज़रूरत है ताकि वह निर्भीक होकर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का समझदारी से उपयोग करें कार्यशाला में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ब्रह्मदेव राम तिवारी और संयुक्त निर्वाचन अधिकारी अलका वर्मा ने चुनाव के दौरान मीडिया के लिए जारी दिशा निर्देशों और आचार संहिता पर विस्तृत बातचीत की इस अवसर पर आकाशवाणी के उपमहानिदेशक प्रेम प्रकाश शुक्ला क्षेत्रीय समाचार एकांश के प्रमुख दिलीप शुक्ल वरिष्ठ पत्रकार रामसागर शुक्ल और वीर बहादुर विक्रम मिश्र ने भी उद्गार व्यक्त किये कार्यशाला का संचालन वरिष्ठ पत्रकार प्रेमकांत तिवारी ने किया उच्चतम न्यायालय ने आगामी आम चुनाव में नतीजे की घोषणा से पहले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में पचास प्रतिशत इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों की मतदान पुष्टि पर्चियां गिनने की विपक्षी नेताओं की याचिका पर निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा है मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने न्यायालय की मदद के लिए आयोग से एक वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त करने को कहा है प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और अपना दल मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे भाजपा अव्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि अपना दल दो सीटों पर चुनाव लड़ेगा अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से उम्मीदवार होंगी वे इसी क्षेत्र की वर्तमान सांसद हैं दोनों दलों के नेताओं के बीच बातचीत के बाद दूसरी सीट के उम्मीदवार के बारे में निर्णय लिया जाएगा उधर समाजवादी पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपने पांच और उम्मीदवारों की घोषणा की है पूर्व मंत्री विनोद सिंह उर्फ पंडित सिंह गोंडा से और रामसागर रावत बाराबंकी से पार्टी के उम्मीदवार होंगे सांसद तबस्सम हसन कैराना से और पूर्व सांसद शफीक्र रहमान बर्क सम्भल से उम्मीदवार होंगे सुरेन्द्र कुमार गाजियाबाद से उम्मीदवार होंगे समाजवादी पार्टी अब तक राज्य से अपने सोलह उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है आसियान और आसियान प्लस देशों की सशस्त्र सेनाओं की स्वास्थ्य सेवाओं पर आयोजित फील्ड इंटीग्रेशन ट्रेनिंग मेडेक्स का अम्यास प्रदर्शन कल राजधानी लखनऊ में सम्पन्न हो गया कैन्टोनमेंट स्थित सूर्या खेल परिसर में विभिन्न देशों की सेनाओं के आपात काल में किये जाने वाले बचाव और चिकित्सा संबंधी कार्यो की झलक देखने को मिली ग्यारह मार्व से शुरू हुये इस अभ्यास का आज पासिंग आउट के साथ समापन समारोह होगा छह दिवसीय इस अभ्यास के अन्तर्गत सेना की विभिन्न इकाईयों ने यूद्वकाल की परिस्थितियों के दौरान मिलजुल कर स्वास्थ्य सेवाओं को मुहैया कराने का अभ्यास किया इस अभ्यास में भारत सहित सोलह देशों की सेनाओं ने हिस्सा लिया भारत का व्यापार घाटा इस साल फरवरी में कम होकर नब्बे अरब साठ करोड़ डॉलर का रह गया वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश का निर्यात इस महीने वार्षिक आधार पर दो दशमलव चार चार प्रतिशत बढ़कर छब्बीस अरब सड़सठ करोड़ डॉलर का हो गया जबकि आयात पांच दशमलव चार प्रतिशत घटकर छत्तीस अरब छब्बीस करोड़ डॉलर का रहा मंत्रालय ने कहा है कि निर्यात में यह बढ़ोतरी औषधि इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में अधिक निर्यात के कारण हुई है सुल्तानपुर के ज़िला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव आयोग के निर्देश पर सभी उपज़िलाधिकारियों और दिव्यांग मतदाताओं को चिन्हित कर मतदान केन्द्रों तक लाने और ले जाने के लिए वाहन की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है इस क्रम में सुल्तानपुर संसदीय क्षेत्र में नौ हजार चार सौ उन्चास दिव्यांग मतदाताओं को चिन्हित किया गया है दिव्यांग कल्याण विभाग ने ऐसे मतदाताओं को अब तक लगभग साढ़े पांच हजार सहायक उपकरण भी उपलब्ध करा दिए हैं पुणे की स्वाती सिंघाड़े को वर्ष दो हजार अट्ठारह उन्नीस के डीडी महिला किसान प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार दिया गया है प्रसार भारतो के अध्यक्ष सूर्य प्रकाश ने कल नई दिल्ली में एक समारोह में उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया एक सौ दस महिला किसान इस प्रतियोगिता में शामिल हुई थी जिनमें से पांच फाइनल में पहुंची थीं सुप्रीम कोर्ट ने क्रिकेट खिलाड़ी श्रीसंत पर क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीआई का आजीवन प्रतिबंध हटा दिया है